ग्रूग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से फूल मंडी बनाई जायेगी

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने कहा है कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों के साथ जोड़ना है और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के साथ व्योग का जोड़ना किसानों के विकासात्मक बदलाव में सहभागी बनेगी

श्री रूपाला ने आज इस सम्मेलन का उदघाटन करने के बाद सबको सम्बोधित करते हुए कि देश के इतिहास में पहली वार किसान हितो को मामले रखते हए थोक व्यापारियों का अधिवेशन आयोजित हआ है इसी प्रकार के सम्मेलन प्रधानमंत्री के नये भारत के निर्माण के प्रयास में मील का पत्थर साबित हो रहे है

उन्होंने हरियाणा सरकार और विशेषरूप से कृषि मंत्री श्री धनखड़ की सराहना मे कहा कि डिजीटल तकनीक का प्रयोग करते हये भावांतर भरपाई जैसी योजना को सबसे पहले लागू कर हरियाणा ने किसान हितैषी सोच को साकार किया है

आज गुरूग्राम में वर्ल्ड युनियन ऑफ होलसेल मार्केट व्योग सम्मेलन के उदघाटन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि यह विश्व स्तरीय सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया गया है जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को घ्यान में रख विभिन्न निर्णय लेने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि चीन के बीजिंग की एक हजार क्षेत्र में बनी मंडी रेगिंस की मंडी रियो दी जेनेरियो में बनी मंडी देखने के बाद पता चला है कि किस प्रकार से थोक या होलसेल मंडी को आध्निक तौर पर विकसित किया जा सकता है श्रीधनखड़ ने कहा कि भारत में भी एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार से अपना उत्पाद बेच सके इसके उपाय करने होंगे उन्होंने कहा कि हमें लोगों केा कृषि उत्पादों के अवशेष कम से कम करने और फल और सब्जियों को बेहतर बनाने बारे जागरूत करना होगा और सम्मेलन के सकारात्मक सुझावों को अपनाया जायेगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहां आये प्रतिनिधियों को ई नेम योजना के तहत हो रहे है कार्यो की जानकारी देने के लिए एक अध्ययन दौरा भी कराया जायेगा आज लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है ये दिन मनाने का उदेश्य लड़कियों की जरूरतों और उनकी आने वाली च्नौतियों का प्रा करना तथा उनका सशक्तिकरण और उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा करना है इस वर्ष की थीम है एक लड़की के साथ्ज्ञ कुशल महिला शक्ति केनद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने इस मौके पर संदेश में कहा है कि अपनी स्थापना के बाद से चार वर्षो में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ ने लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद दी है श्रीमती गांधी ने हर लड़की को ऐसा पर्यावरण प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई जिनमें लड़की को पूरी क्षमता तक पहंचने में मदद मिलेगी

क्छ पहले के दर्ज मामलों में रामपाल पहले से ही जेल में बंद है

दोषी पाये गेये लोगों में तीन महिलाएं भी है

जरूरत पड़ने पर पुलिस बल संख्या बढाई जा सकती है हरियाणा सरकार ने इस वर्ष पहली ज्लाई से अपने पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स के लिए मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्वि की घोषणा की है केन्द्र सरकार की तर्ज पर की गई इस वृदवि से मंहगाई भत्ते की दर बढ़कर सात से नौ प्रतिशत हो गई है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इससे सरकारी खज़ानेपर बानवे करोड़ चौसठ लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में फार्मा कंपनियों तथा डाक्टर्स की कथित सांठगांठ को तोड़ने के लिए गत चार वर्षो के दौरान विदेशी दौरे करने वाले चिकित्सकों की जांच करवाई जायेगी इस प्रकार की घटन में शामिल पीजीआई रोहतक के निदेशक डा नित्यानंद को पहले ही निलंबित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में संज्ञान में आने के बाद यह निर्णय लियागया कि ऐसे मामलों में संलिप्त कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जायेगी इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अन्संधान विभाग के उचित कार्रवाई के लिए लिखा गया है

बारिश से अम्बाला शहर की कई कालोनियों यम्नगार जगाधरी बूडिया के गली म्हल्लों व बाजारों में जलभराव की समस्या हो गई कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही यम्नानगर मे कृषि उपनिदेशक डा स्रेन्द्र यादव ने कहा कि फसल के न्कसान का आकलन किया जा रहा है उधर अम्बाला में किसानों ने खराब हई धान की फसल को लेकर म्आवजे की मांग को लेकर अम्बाला हिसार हाइवे जाम कर दिया

पानीपत के बहचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज म्ख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपियो एनआईए न्यायधीश जगदीप सिह की अदालत में पेश हये आज फिर कोई पाकिस्तानी गवाह अपनी गवाही देने नहीं आया मामले में एनआईए की तर फ से गवाहों के बयान दर्ज हो च्के है अगली स्नवाई में चारो आरोपी अपना अपना पक्ष रखेंगे जिसके बाद मामले में आखिरी बहस श्रू होगी

आज आश्विन नवरात्र के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने श्री माता मनसा देवी दरबार मे माथा टेका और हवन यज्ञ में भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह कामना करते है कि जनता की सेवा के लिए उन्हें शक्ति दे क्छ राजनीतिक लोगो द्वारा छात्र संघ च्नाव के विरोध पर बोलते हए शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संघ चूनाव सवैधानिक तोर करवाये जा रहे है हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्ण मुरारी ने परिवार सहित आज माता मनसा देवी मन्दिर परिसर में पूजा अर्चना की और घट पूजा एंव यज्ञशाला में आयोजित हवन एवं पाठ में भाग लेकर प्रदेश की ख्शहाली एवं समृद्धि की कामना की